स्लग राजनाथ सिंह निवेशक सम्मेलन केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने देहरादून में कहा कि निवेशक सम्मेलन पलायन को रोकने में मददगार साबित होगा इससे रिवर्स माइग्रेशन को बल मिलेगा केंद्रीय मंत्री ने पहली बार उत्तराखंड में आयोजित हो रहे इन्वेस्टर्स समिट पर खुशी जताई उन्होंने कहा कि आगाज अच्छा हुआ है तो अंजाम भी अच्छा ही होगा उन्होंने इस सम्मेलन को ऐतिहासिक बताया और कहा कि करोड़ों रुपये के एम ओ यू हस्ताक्षरित होना खुद में एक उपलब्धि है

उन्होंने कहा कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उसकी रीढ़ की हड्डी होती है और अगर राज्यों की अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाए तो इसका असर देश की प्रगति पर पड़ता है

केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड से उनका भावनात्मक रिश्ता है उन्होंने कहा कि देवभूमि के लोगों का मन बड़ा है और यहां के लोग देश के लिए न्यौछावर होने को तत्पर रहते हैं

निवेशक सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचीं केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसान मेहनत करता है लेकिन बुनियादी सुविधायें न होने से अनाज की बर्बादी होती है इसके लिये किसानों को मुलभूत सुविधा देनी होगी वहीं प्रदेश के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि कृषि और हॉर्टीकल्चर के क्षेत्र में चार हजार आठ सौ चौतीस करोड़ का एम ओ यू साइन हुआ है उन्होंने कहा कि भारत में बयालीस फूड प्रोसेसिंग सेक्टर हैं जिनमें से दो प्रदेश में स्थापित हैं

स्लग अश्विनी कुमार चौबे केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि उत्तराखण्ड में धार्मिक पर्यटन योगा ध्यान केन्द्र पंचकर्म नेचुरलपैथी आदि के क्षेत्र में निवेश की पर्याप्त संभावनाएं हैं समिट के हेत्थ केयर एण्ड वेलनेस सेशन में उन्होंने कहा कि हल्द्वानी और अन्य जनपदों में आयुर्वेदिक चिकित्सालयों का निर्माण किया जा रहा है

सम्मेलन में शिक्षा एवं कौशल विकास सत्र को सम्बोधित करते हुए शिक्षा मंत्री अरविन्द पाण्डेय ने कहा कि उच्च शिक्षा के साथ ही विद्यालयी शिक्षा को रोजगारपरक शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के साथ ही मॉडल स्कूलों की स्थापना की गई है

उन्होंने कहा कि इस वर्ष एक लाख बच्चों को प्रशिक्षित कर स्किल करने का लक्ष्य रखा गया है इस अवसर पर एम एस एम ई क्षेत्र से संबंधित विभिन्न एमओयू हस्ताक्षरित किये गये

गृहमंत्री ने उत्तराखण्ड की भौगोलिक स्थिति और प्रदेश के सीमांत क्षेत्रों तक हवाई सेवाओं का विस्तार राज्य और देश के हित में बताया वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि इस हवाई सेवा के शुरू होने से गढ़वाल और कुमाऊं को हवाई सेवा से जोड़ने में मदद मिलेगी साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा उन्होंने कहा कि प्रदेश में आवागमन को और अधिक सुगम बनाने के लिए जल्द ही उड़ान योजना के तहत अन्य हवाई सेवाएं भी शुरू की जायेंगी

इस मौके पर सांसद रमेश पोखरियाल निशंक समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद मिशन गंगे पर निकलीं पर्वतारोही बछेंद्री पाल जगह जगह गंगा की सफाई के लिए जागरुकता अभियान चला रही हैं एक महीने तक चलने वाले इस कार्यक्रम में बछेंद्री पाल अपनी टीम के साथ राफ्ट के जरिए गंगासागर तक जाएंगी इस दौरान टीम में शामिल युवाओं का जोश देखने लायक था दरअसल पहली बार हरिद्वार से राफ्ट के जरिए गंगासागर तक की यात्रा की जा रही है स्लग पीएम सहज बिजली हर घर योजना प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना जो सौभाग्य योजना के नाम से भी प्रचलित है आज कई घरों को रोशन कर चुकी है दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों तक इस योजना का लाभ पहुंचा है पौड़ी जिले के चार हजार से ज्यादा घरों को बिजली कनेक्शन दिये गए हैं जिले के विद्यादत्त का कहना है कि सहज बिजली हर घर योजना के तहत बिना किसी परेशानी के उनको बिजली का कनेक्शन मिला है

योजना के तहत बिजली मिलने से अब उनकी कई परेशानियां दूर हो गई है

सबसे अच्छी बात तो ये है कि लोगों को बिजली कनेक्शन के लिए कहीं चक्कर काटने की जरूरत नही पड़ती विभागीय कर्मचारी खुद घरों में ही जाकर बिजली का कनेक्शन उपलब्ध करा देते हैं स्लग समिट पहला दिन केन्द्रीय सूचना प्रोद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा है कि शैक्षणिक सत्र को बेहतर बनाने और डिजिटल लिटरेसी के लिए मिलकर काम किया जाएगा डेस्टिनेशन उत्तराखण्ड इंवेस्टर्स समिट में उन्होंने प्रदेश में मिनी क्लाउड डेटा सेंटर स्थापित करने और कम्पोजिट दूरिज्म पोर्टल बनाने की भी घोषणा की है

प्रथम चरण में ऋषिकेश से रेल लाइन जोड़ने का काम किया जाएगा

समिट के पहले दिन फिल्म और शूटिंग सत्र की अध्यक्षता करते हुए केन्द्रीय फिल्म एवं प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने कहा कि प्रदेश में फिल्म उद्योग को विकसित करने के लिए बेहतर फिल्म नीति बनाने के साथ ही फिल्म निर्माताओं सरकार निजी निवेशकों और स्थानीय लोगो को मिलकर कार्य करना होगा निवेशक सम्मेलन में केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री के जे एलफोन्स ने उत्तराखंड में पर्वतारोहण रिवर राफ्टिंग वॉटर स्पोर्ट्स पैराग्लाइडिंग बंजीजंपिंग और स्कीइंग आदि क्षेत्रों में निवेशकों को निवेश करने के लिए आमंत्रित किया